आरक्षण प्रदेश में राज्याधीन सेवाओं शिक्षण संस्थानों सार्वजनिक उदयमों निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में पदोन्नति पर लगी रोक हटा ली गई है स्प्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का अन्पालन करते हए सरकार की ओर से लिए गए इस निर्णय से अब पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा प्रदेशभर में सामान्य और ओबीसी वर्ग के कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करने और पदोन्नति पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर पिछले कई दिन से हड़ताल पर थे आज म्ख्य सचिव की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया इससे पहले आज म्ख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह और कर्मचारी नेताओं के बीच वार्ता में मांगों पर सहमति बनी सरकार के तीन वर्ष म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की सरकार ने तीन वर्ष पूरे होने पर म्ख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया राजधानी देहराद्रन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का फैसला लेकर उनकी सरकार ने च्नाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा किया उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का गठन भी उनकी सरकार का एक बड़ा स्धारात्मक कदम है म्ख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने और स्शासन की दिशा में लगातार काम किया है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले हफ्ते से ही भ्रष्टाचार पर प्रहार श्रू कर दिया था ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई इस मौके पर म्ख्यमंत्री ने अपनी सरकार के अब तक के कार्यों को गिनाने के साथ ही भविष्य का रोडमैप भी पेश किया उन्होंने कहा कि सरकार के शेष बचे कार्यकाल के दौरान प्रदेश के सभी महाविद्यालयों को भवन और स्कूलों को फर्नीचर उपलब्ध करा दिए जाएंगे

बाजार में मास्क और सैनेटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए कुछ कंपनियों ने इसे बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है

इसे देखते हुए सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र की शेष कार्यवाही अब गैरसैंण के स्थान पर देहरादून में ही पूरी कराने का फैसला किया है विधानसभा का बजट सत्र इस बार गैरसैंण में आयोजित किया जाना था होली के अवकाश के बाद अगले सप्ताह से सत्र की बाकी अवधि की कार्यवाही गैरसैंण में ही पूरी होनी थी लेकिन अब इसमें तब्दीली कर दी गई है म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस संबंध में विपक्ष ने भी सहमति जताई है कोरोना के मद्देनजर म्ख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्कता बरतें और सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें श्री रावत ने कहा कि राज्य में कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं

उन्होंने कहा कि क्छ सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए यह अफवाह फैलाई जा रही है कि कोरोना के कारण जनपद की सब्जी मंडियों को बंद किया जा रहा है यह प्री तरह गलत है जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कहीं भी किसी भी सब्जी मंडी या खाद्यान्न आपूर्ति संबंधी द्वानों को बंद करने संबंधी न तो कोई आदेश हैं और न ही कोई योजना ये जन सामान्य के लिए निरंतर ख्ली रहेंगी उन्होंने प्लिस को सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाने वालों की धरपकड़ करने और उनके खिलाफ म्कदमे दर्ज करने के निर्देश दिए हैं वहीं जिलाधिकारी के निर्देश के बाद देहरादून प्लिस ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोई भी सूचना फाॅरवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांच लें अफवाह और भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के विरूद्व कठोर कार्रवाई की जाएगी गौरतलब है कि सोशल मीडिया में सब्जी मंडियां अगले क्छ दिन बंद रहने और आवश्यक वस्त्ओं के भंडारण करने संबंधी अफवाहें फैलने के बाद जिला और प्लिस प्रशासन यह कदम उठाया है

हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी में एक सामाजिक संस्था ने श्रद्धाल्ओं को मास्क बांटे इसके अलावा स्थानीय व्यापारियों को भी मास्क वितरित किये गए जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल ने भी होटल और पर्यटन से ज्डे व्यवसायियों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं होटलों के सभी कमरों में सैनेटाइजर और मास्क रखने को कहा गया है किसी को भी खांसीए ज्काम और ब्खार होने पर सीएमओ कार्यालय और जिला पर्यटन अधिकारी को सूचित करने के निर्देश भी दिये गए हैं नैनीताल हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाईस्कूलों के विलयीकरण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर स्नवाई की हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है मामले के अन्सार शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विलय किए जाने के खिलाफ हल्द्वानी निवासी एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी

कुंभ मेला कार्य उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कंभ मेला अधिकारी दीपक रावत से ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों को लेकर बैठक की

उन्होंने कार्यो को प्राथमिकता के साथ पूरा करने को कहा उन्होंने कहा कि मेले के दौरान ऋषिकेश नगर और आस पास के क्षेत्र में श्द्ध पेयजल आपूर्ति के लिए पेयजल की लाइनें बिछाई जानी चाहिए

इस दौरान महिलाओं को अलग अलग लेयर के मास्क बनाने की जानकारी दी गई राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघ् व्यवसाय विकास संस्थानए देहरादून की ओर से उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं को टेलरिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है